एसओजी ने यह केस सर्विलांस पर रखे गए दो मोबाइल नंबरों पर हुई बातचीत के आधार पर दर्ज किया है एसओजी की कार्यवाही पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर कांग्रेस की अर्तकलह को थामने की कोशिश की जा रही है इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ देर बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इससे पहले कल भाजपा विधायकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था

वक्तव्य में भाजपा पर कांग्रेस और उसके समर्थित विधायकों को प्रलोभन देने और कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश करने के आरोप लगाए गए हैं

सकिय मरीजों के मामले में अलवर प्रदेश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है

वहीं धौलपुर में भी संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और सतर्क हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अब हर सप्ताह शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक कफ्यू रहेगा

आज विश्व जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित किया जा रहा है वीडियो कॉफेंसिंग के माध्यम से हो रहे इस समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद हैं कार्यकम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों और पंचायतों को सम्मानित किया गया जिलों में पहला पुरस्कार झालावाड़ को भिला है द्वितीय पुरस्कार अजमेर तीसरा भीलवाड़ा चौथा हनुमानगढ़ और पांचवा प्रस्कार श्रीगंगानगर जिले को मिला है जनसंख्या दिवस पर आज से जैलसमेर में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरूआत हुई इसके तहत आज शहर में जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई वहीं भरतपुर में भी पखवाड़े के तहत नर्सिंग कर्मियों और स्काउट गाइड से जुड़े छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली प्रदेश में लगए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आमजन को जानकारी देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी के तहत उदयपुर में यातायात पुलिस कार्यालय द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया रथ के जरिये आम जनता को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर से विभिन्न चौराहे पर नए कानून के संबंध में जानकारी दी जा रही है